बार कौंसिल ऑफ इंडिया ने अगले तीन साल तक नये लॉ कॉलेज के खोले जाने पर रोक लगा दी है देश में बड़ी संख्या में खुल रहे लॉ कॉलेज पर चिंता जताये हुए बार कौंसिल ऑफ इंडिया ने यह निर्णय लिया है हालांकि राज्यों द्वारा प्रस्तावित नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पर यह रोक प्रभावी नहीं होगी बार कौंसिल ने चार महीने के भीतर लॉ कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में लॉ प्रोफेसरों के रिक्त पद भरने को कहा है राज्य के पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडेय ने कहा है कि प्रदेश में अठाईस हजार पांच सौ पुलिसकर्मियों को जल्द ही नियुक्ति की जायेगी पटना के पुलिस मुख्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस महीने के अंत से सिपाही की बहाली की प्रक्रिया शुरू होगी बहाली प्रक्रिया में चौबीस हजार सिपाही ढाई हजार दारोगा और दो हजार ड्राइवर की नियुक्ति की जायेगी देश के एक सौ पचास जिलों में आयुष अस्पताल खोले जाएंगे यह जानकारी केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री श्रीपद नाइक ने तमिलनाडु के वेल्लोर में एक आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज के उद्घाटन अवसर पर दी उन्होंने संकेत दिया कि भारतीय चिकित्सा पदद्धति में शोध को बढावा देने के लिए देश के विभिन्न भागों में एम्स जैसे शोध संस्थान खोले जाएंगे केंद्रीय मंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए छह महीने के बुनियादी चिकित्सा पाठक्रम का शुभारंभ किया केन्द्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा है कि केन्द्र सरकार जल्द ही अब गुलाम कश्मीर पर भी बड़ा कदम उठा सकती है उन्होंने कहा कि गुलाम कश्मीर भारत का हिस्सा है और उसे भारत में मिलाना हमारा काम है इंदौर में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते उन्होंने कहा कि गुलाम कश्मीर के लिए सर्वसम्मति से संसद में भी प्रस्ताव पारित होते रहे हैं उन्नीस सौ चौरानवें में भी ऐसे ही एक प्रस्ताव पारित हुआ था इसलिए जम्मू कश्मीर विधानसभा में गुलाम कश्मीर क्षेत्र की सीटें अभी खाली रहेंगी एक सवाल के जबाव में श्री जावडेकर ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर तो पहले से ही बना है बस अब उस मंदिर को भव्य रूप देने की जरूरत है केन्द्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा है कि जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले धारा तीन सौ सत्तर को समाप्त करने के फैसले का जम्मू कश्मीर समेत देश के हर कोने के लोगों ने स्वागत किया है बक्सर में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौबे ने कहा कि अब जम्मू कश्मीर के युवाओं को रोजगार के नये अवसर मिलेंगे और आजादी के बाद से विकास की धारा से कटे रहे इस राज्य का संपूर्ण विकास संभव होगा उन्होंने सरकार के इस फैसले का विरोध करने पर कांग्रेस और वामपंथी दलों की आलोचना की एशिया के पहले डाल्फिन रिसर्च सेंटर का निर्माण कार्य पांच अक्टूबर से पटना में शुरू होगा पांच अक्टूबर को डाल्फिन दिवस के अवसर पर उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी इस रिसर्च सेंटर का शिलान्यास करेंगे अट्ठाईस करोड़ रूपये की लागत से बनने वाले इस रिसर्च सेंटर में डाल्फिन के अलावा अन्य जलीय जीवों पर रिसर्च होगा पटना लॉ कॉलेज के पास दो एकड़ जमीन पर राष्ट्रीय डाल्फिन अनुसंधान केन्द्र शुरू करने को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गयी है डाल्फिन की संख्या लगातार कम होने और गंगा नदी को प्रद्षण मुक्त करने की दिशा में इस सेंटर की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जा रही है जल संसाधन विभाग ने कहा है कि दक्षिण बिहार के चार जिले नालंदा नवादा जहानबाद और गया के लिए गंगा जीवनदायिनी योजना के अंतर्गत खेतों की सिंचाई गंगा के पानी से होगी विभाग ने गंगा नदी के पानी को इन जिलों में ले जाने की पहल शुरू कर दी है विभागीय योजना के अनुसार इसके अंतर्गत बख्तियारपुर से नालंदा तक नहर बनाकर गंगा का पानी भेजा जायेगा इसके अध्ययन के लिए बिहार सरकार की टीम अगले सप्ताह तेलांगना जायेगी बांका जिले में केन्द्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना लोगों के लिए मील का पत्थर साबित हो रहा है पेश है एक रिपोर्ट बांका जिले में आयुष्मान भारत योजना के तहत अब तक अड़तीस हजार से अधिक लाभुकों को गोल्डेन कार्ड बनाया जा चुका है

आकाशवाणी समाचार के लिए बांका से बिदु शेखर राज्य सरकार ने मौसम और मिट्टी की उत्पादकता को देखते हुए तेईस जिलों में खास खेती योजना को मंजूरी दी है इसके अंतर्गत रोहतास जिले में टमाटर समस्तीपुर और अररिया में हरी मिर्च पूर्वी चंपारण में लहसून शेखपुरा और बक्सर में प्याज जबकि नालंदा में आलू की खेती के लिए विशेष योजना बनायी गयी है मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के अंतर्गत खगड़िया आरा और शिवहर के लिए तीन करोड़ रूपये की स्वीकृति दी गयी है प्रदेश की सभी प्रमुख नदियां के जलस्तर में कमी आयी है जल संसाधन विभाग ने कहा है कि राज्य के सभी तटबंध सुरक्षित है भागलपुर जिले में अपराधियों के विरुद्ध चलाये गये विशेष अभियान के तहत पुलिस ने पिछले चौबीस घंटे के दौरान कुल इकहत्तर अपराधियों को गिरफ्तार किया है भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक आशीष भारती ने बताया कि इस अभियान के तहत जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में कई मामलों में फरार चल रहे इकहत्तर अपराधियों को गिरफ्तार किया है दरभंगा जिला प्रशासन ने आंगनबाड़ी केंद्रों में सेविका और सहायिका के चयन में अनियमितता और धांधली किये जाने के आरोप में बहेड़ी प्रखंड की महिला पर्यवेक्षिका का नियोजन रद्द कर दिया है छत्तीसगढ़ में आईआईडी ब्लास्ट में गंभीर रूप से घायल सीआरपीएफ के अस्सी बटालियन के जवान तथा बिहार के मुजफ्फरपुर निवासी जितेन्द्र कुमार सिंह की पांच साल तक कौमा में रहने के बाद मौत हो गयी है एसटीएफ की टीम ने मुजफ्फरपुर जिले के सरैया से कुख्यात अपराधी और नक्सली अनिल बैठा और रागिनी देवी को गिरफ्तार किया है दरभंगा जिले में दो अलग अलग घटनाओं में नौका पलटने से चार लोगो की डूबकर मौत हो गयी दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने बताया कि नौका पर सवार लोग खेसराहा पंचायत के बिसहरिया गाँव से कुशेश्वरस्थान जा रहे थे तभी बीच रास्ते में नौका पलट गयी इस द्र्घटना में तीन लोगों की ड्बकर मौत हो गयी एक अन्य घटना में जिले के कुशेश्वरस्थान में नाव से मछली मारने के दौरान नौका के पलट जाने से एक व्यक्ति की डूबकर मौत हो गयी झारखंड के दुमका में आयोजित राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता में बालक वर्ग के अंडर फोर्टीन और अंडर सेवेंटीन के खिताबी मुकाबले में पटना ने लखनऊ को पराजित किया पटना की टीम ने लखनऊ अंडर फोर्टीन में चौवालीस के मुकाबले छियालीस अंकों से जबकि अंडर सेवेंटीन में बारह आठ से पराजित किया अंडर फोर्टीन में पटना के मुकेश कुमार और अंडर सेवेंटीन में पंकज कुमार सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किये गये तेईस से छब्बीस अगस्त तक पटना के बिहार यंग मेंस इंस्टीच्यूट में संजय भट्टाचार्या मेमोरियल अंतर स्कूल टेबुल टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन किया जायेगा बिहार टेब्रल टेनिस संघ के सचिव मुकेश राय ने बताया कि इस चार दिवसीय प्रतियोगिता में पटना जिले के स्कूल ही भाग ले सकेंगे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 हिन्दुस्तान का शीर्षक है जम्मू कश्मीर में शांति से मनी ईद दैनिक जागरण ने केन्द्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर के हवाले से लिखा है अब गुलाम कश्मीर में बड़ा कदम उठा सकती है सरकार प्रभात खबर की सुर्खी है मुख्यमंत्री पन्द्रह अगस्त को करेंगे जल जीवन हरियाली अभियान की शुरूआत दैनिक भास्कर लिखता है दस की बजाए अब सुबह नौ बजे खुलेंगे सरकारी बैंक आज अखबार की सुर्खी है चन्द्रमा की कक्ष में बीस अगस्ता को पहुंचेगा चन्द्रयान टू